प्रधानमंत्री कुछ चुने हुए जनऔषधि स्टोर के मालिकों और लाभार्थियों से बातचीत करेंगे जनऔषधि योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सात मार्च को देशभर में जनऔषधि दिवस मनाया जाता है सलाह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों से कहा है कि हवाई अड्डों पर यात्रियों की कारगर स्क्रीनिंग के लिए वे एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रबंधकों से समन्वय बनाये रखें राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य मंत्रियों व सम्बद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही केंद्रीय मंत्री ने बैठक में अस्पतालों में अलग वार्ड और प्रयोगशाला तैयारियों की भी समीक्षा की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से चिकित्सा कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए

साथ ही इस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए भीड़भाड़ से बचने का परामर्श दिया गया है इस बीच बीते दिनों प्रदेश में सामने आए कोरोना वायरस के तीन संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है अधिसूचना राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है

महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कल आठ मार्च को मनाया जायेगा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उददेश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है मौसम प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा का कम आज भी जारी है हिमपात और इस वर्षा से तापमान में गिरावट के चलते समूचा प्रदेश एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार सोलंग नाला व कोठी में हिमपात हुआ है आनी बंजार सड़क मार्ग जलोड़ी जोत में बर्फबारी के चलते यातायात के लिए अवरूद्व है इधर शिमला के जाखू कुफरी नाकरंडा में भी बर्फबारी का कम रूक रूककर जारी है सिरमौर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में भी हिमपात हो रहा है जबकि चायल में भी बर्फबारी का समाचार है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट को अपनी प्रमुख खबर बनाया है अमर उजाला का शीर्षक है बजट की पिचकारी सौगात की फुहार पंजाब केसरी के शब्द हैं हर वर्ग रिझाया तीन वर्ष से लगातार टैक्स फ्री बजट आंगनबाड़ी कर्मचारियों को तोहफा दिव्य हिमाचल की सुर्खी है आर्थिक बादलों के बीच बजट की पतंग अजीत समाचार का कहना है जयराम के बजट में कोई नया कर नहीं आपका फैसला के शब्द हैं सबको सौगात सबका विकास मुख्यमंत्री ने पेश किया बजट

हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है जयराम बजट गरीब को घर और सबको नल

दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है देश की पहली ई विधानसभा में पेश हुआ पहला पेपरलैस बजट कोरोना वायरस से जुड़ी खबर को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है कोरोना वायरस के तीनों संदिग्ध मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव

आईपीएस जैदी को जमानत मामले में अभी नहीं मिली राहत अजीत समाचार की एक खबर है